कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसान नेताओं के साथ खूले मन से बातचींत के लिए तैयार है और उम्मीद है कि यह वार्ता सकारात्मक होगी गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को तीन कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी न्यायालय ने किसानों की शिकायतें और सरकार के विचार जानने के लिए एक समिति के गठन की भी घोषणा की थी

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की इस योजना का यह चरण नये दौर के कार्यक्रमों और कोविड संबंधी कौशल पर केन्द्रित होगा

इधर इन निकाय चुनावों के लिए काम में ली जाने वाली मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है आज सेना दिवस है इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना के तीनों प्रमुखों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी इस मौके पर इंडियन आर्मी मोबाइल एप लॉन्च किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री अमित शाह और केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सभी देशवासियों की तरफ से भारतीय सेना को नमन किया है प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हमारी सेना मजबूत साहसी और दृढ़संकल्प है जिसने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है उन्होंने इस अवसर पर सैनिकों और उनके परिवारो को शुभकामनाए दीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भारतीय सेना के बहादुर जवानों और उनके परिजनों को शुभकामनाए दी है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के सम्बोधन के साथ बजट सत्र की शुरूआत होगी

प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तेज सर्दी का असर बना हुआ है

मौसम विभाग के अनुसार माउंट आवू में आज न्यूनतम तापमान एक डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया

सरकार ने समाचार माध्यमों में जारी इन खबरों का खण्डन किया कि रेलवे द्वारा यात्रियों से अधिक किराया वसूला जा रहा है रेल मंत्रालय ने कहा है कि त्यौहार और छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए विशेष द्रगामी रेलगाडियां चलानी शुरू की गई थीं इस वर्ष अनेक रेल खण्डों में यात्री गाडियों की बहुत मांग थी जिससे निपटने के लिए त्यौहारों के समय रेलगाडियां चलाई गई थीं

इस वर्ष ऐसा कुछ नया नहीं है बल्कि ये पहले ही जैसा है